राजस्वों और केनद्रा शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें इन राजय्रों और केनद्व शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई ह कि विभिन्नम प्रकार की गतिविधियों के बारे में जो तौर तरीके बताये गये हैं उनका श्रा धम्रान रखा जाये

तमिलनाड् केरल और केंद्रशासित प्रदेश दददचेरी में विधानसभा च्नाव एक ही चरण में होंगे

नई नीति के तहत एयरलाइंस को फ्री बध्येज एलाउंस या जीरो बध्येज या नो चक्क इन बध्येज किराये की श्रेणी तय करने की अन्मति होगी

इसमे आत्म रक्षा वाली खेल गतिविधियाँ जूड़ो कराटे एवं ताईक्वांडों का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रशिक्षण का मुख्य उददेश्य न सिर्फ बालिकाओं को आत्म रक्षा के तरीके सिखाना हप्र बल्कि इस क्षेत्र में रूचि रखने वाली बालिकाओं का टेलेंट सर्च भी हो सकेगा प्रशिक्षण के समा न र सभी विकास खण्डों में प्रतियोगितायें भी आयोजित की जायेगी

प्रश्नकाल के दौरान बिजली बिल के मुद्दे र वि क्ष ने हंगामा किया जबकि राज्य ाल के अभिभाषण र म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अ ना उद्बोधन दिया इस दौरान नेता प्रति क्ष कमलनाथ के साथ उनकी तीखी नोंक झोंक हई अ ने जवाब में श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के साथ ही नागरिकों की अन्य ब्नियादी आवश्यकताओं को प्रा करने की दिशा में हम कार्य करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अन्रू राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में ग्णवत्ता र्ण शिक्षा का प्रबंध करने के साथ ही किसी भी छात्र को धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं होने देगी जावडेकर दिशा निर्देश सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा ह कि सोशल मीडिया ओ टी टी प्लेटफार्म और डिजिटल मीडिया के लिए नये दिशा निर्देशों से मीडिया के सभी क्षेत्रों के बीच एकरू ता आएगी